श्री मोदी कोरोना महामारी से निपटने में देश के प्रयासों की समीक्षा करेंगे बैठक के दौरान आर्थिक गतिविधियों को बढाने के संबंध में और छूट दिए जाने के बारे में भी विचार विमर्श किया जा सकता है गृहमंत्री अमित शाह वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल होंगे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस बैठक में शामिल होंगे मार्च में देशव्यापी लोकडाउन की घोषणा के बाद से मुख्यमंत्रियों के साथ होने वाली प्रधानमंत्री मोदी की यह पांचवीं ऐसी मुलाकात होगी रेलवे भारतीय रेलवे ने कल से आंशिक रेल परिचालन फिर शुरू करने की घोषणा की है

ये नई दिल्ली स्टेशन से डिब्र्गढ़ अगरतला हावड़ा पटना बिलासपुर रांची भुवनेश्वर सिकंदराबाद बंगलुरू चेन्नई तिरुवनंतपुरम मडगांव मुंबई सेंट्रल अहमदाबाद और जम्मुतवी के लिए चलेंगी इनके लिए आरक्षण आज शाम चार बजे से शुरू होगा और केवल आईआरसीटीर्सी की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा रेलवे स्टेशनों के टिकट ब्रकिंग काउंटर बंद रहेंगे और काउंटर टिकट जारी नहीं किया जाएगा केवल उन्हीं यात्रियों को रेलवे स्टेशन में प्रवेश की अनुमति होगी जिसके पास वैध कन्फर्म टिकट होगा यात्रियों को मास्क लगाना होगा और यात्रा से पहले जांच करानी होगी

प्रवासी मजदूर रेलमंत्री पीयूष गोयल ने सभी राज्यों से प्रवासी मजदूरों को निकालने की अनुमति देने की अपील की है जिससे कि वे अगले तीन चार दिन में अपने घरों को वापस जा सकें श्री गोयल ने एक टवीट में कहा कि प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद देश में प्रतिदिन रेल विभाग तीन सौ श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा रेल विभाग ने देशभर में फंसे तीन लाख पचास हजार से अधिक प्रवासी मजदूरों के आवागमन के लिए साढे तीन सौ से अधिक विशेष रेलगाडियों का परिचालन किया है ये रेलगाडियां आंध्र प्रदेश बिहार उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश झारखंड मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में प्रवासी मजदूरों को वापस ला रही हैं कैबिनेट सचिव कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया कि वे और अधिक श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने में रेलवे के साथ सहयोग करें कल सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों तथा स्वास्थ्य सचिवों के साथ वीडियों कांफ्रेंसिंग के जरिये चर्चा में श्री गौबा ने कहा कि वंदे भारत के तहत विदेशों से स्वदेश लाए जा रहे भारतीयों के मामले में राज्यों का सहयोग मिल रहा है उन्होंने कहा कि रेलवे तकरीबन साढ़े तीन लाख प्रवासी मजदूरों के लिए तीन सौ पचास से अधिक श्रमिक विशेष रेलगाडियां चला रहा है बैठक के दौरान श्री गोबा ने जोर देकर कहा कि डॉक्टरों नर्सों पैरामेडिक्स का आना जाना बेरोक टोक होना चाहिए और कोरोना योद्वाओं की मदद करने और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी कदम उठाए जाने चाहिए बैठक में राज्य के मुख्य सचिवों ने अपने अपने राज्यों की स्थिति की जानकारी दी

महिलाओं को जनधन योजना उज्ज्वला योजना के साथ साथ राशन उपलब्ध कराया जा रहा है

इसके साथ ही राज्य में कल मरीजों की संख्या एक सौ साठ हो गई है जिनमें अठहत्तर मरीज स्वस्थ हो चुके हैं हजारीबाग जिला के ग्रीन जोन में आने से पहले ही कोरोना संक्रमित मरीज की पुष्टि हुई है इसके कारण हजारीबाग जिला अब ऑरेंज जोन में ही बना रहेगा बरकट्टा के एक व्यक्ति के कोरोना पाजिटिव होने की जानकारी मिली है संक्रमित व्यक्ति पिछले दिनों ही सूरत से लौटा था आठ मई को बरही में उसका स्वाब जांच के लिए लिया गया था वह घर में ही एकांतवास में रह रहा है आज उसे इलाज के लिए हजारीबाग मेडिकल कालेज अस्पताल लाया जा सकता है

इधर गिरिडीह जिले में देर रात को जांच रिपोर्ट आने के बाद इन मरीजों को कोविड अस्पताल लाया गया गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने सरकारी कवारेन्टीन सेंटर के सेनेटाइजेशन का आदेश दिया है

लॉकडाउन की लम्बी अवधि के कारण तेलंगाना में फंसे झारखण्ड के पन्द्रह जिलों के एक हजार अनठावन श्रमिक और विद्यार्थियों की स्टेशन पर ही थर्मल स्क्रीनिंग की गई इसके बाद खाना पानी का पैकेट देकर उन्हें बसों के माध्यम से उनके गृह जिला भेज दिया गया उप विकास आयुक्त रविरंजन मिश्रा ने बताया सबसे ज्यादा प्रवासी गिरिडीह जिले से हैं

इसके बाद बड़ी संख्या देवघर जिले के प्रवासी मजदूरों की है

वहीं ग्जरात के मोरवी से टाटानगर पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन से कल कुल एक हजार दो सौ नवासी प्रवासी श्रमिक पहुंचे पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने बताया कि अधिकांश प्रवासी मजदूर पश्चिमी सिंहभूम बोकारो और लातेहार जिले के थे इन्हें गंतव्य स्थान तक भेजने की व्यवस्था बसों द्वारा की गई

इन्हें देर रात तक चाईबासा के आईटीआई स्थित रिसीविंग सेंटर में स्क्रीनिंग एवं रजिस्ट्रेशन करने के उपरांत उनके गांव सुरक्षित भेजने का इंतजाम किया गया इधर साहिबगंज जिले के उनासी प्रवासी श्रमिक एवं अन्य लोग केरल उड़ीसा हजारीबागनागपुर पहुंचे गृह प्रदेश पहुंचाने के लिए समी ने रेलवे और झारखंड सरकार की सराहना की दूरदर्षन पढाई सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए आज से दस जून तक द्रदर्शन झारखंड पर कक्षाएं चलेगी

सभी कक्षाओं के लिए अलग अलग विषयों की क्लास अलग अलग दिन और समय के अनुसार निर्धारित की गई है इसके तहत कक्षा एक से लेकर बारह तक के बच्चे द्रदर्शन के माध्यम से सुबह दस से बारह और दोपहर एक से दो के बीच डिजिटल कटेंट के माध्यम से पढ़ाई करेंगे

प्राधिकरण ने कहा कि राज्य सरकारें सुनिश्चित करेंगी कि दुर्घटना की आंशका वाली औद्योगिक इकाइयों में आपदा प्रबंधन योजना अद्यतन हो और इसे लागू करने की समुचित तैयारी हो

जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से अर्थव्यवस्था को फिर सक्रिय करने पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाएगा वैज्ञानिक प्रौद्योगिकीविद् विश्व स्वास्थ्य संगठन कर्मी तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उद्योग जगत अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुख इस पर विचार विमर्श करेंगे